शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक जगत सिंह नेगी राकेश सिंघा और आशा कुमारी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ब्रिक्स से अभी तक कोई फंड उपलब्ध नहीं हुआ है मगर इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबी प्रकिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने प्रोजैक्ट के माध्यम से धनराशि आबंटन में किसी तरह के भेदभाव किए जाने से भी इनकार किया मुकेश अग्निहोत्री ने अधीक्षण अभियंताओं के गृह क्षेत्र में तैनाती को लेकर सवाल उठाते हुए सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग से ऐसे कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता से पहले बदलने का आग्रह किया सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के साथ उठाया जाएगा

माकपा के राकेश सिंघा और कांग्रेस की आशा कुमारी व विक्रमादित्य सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीए व पैट शिक्षकों को लेकर तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लबित हैं इनमें एक याचिका में अदालत ने नियमित करने पर स्टे भी लगाया है इसलिए सरकार को इन्हें नियमित करने में बाधा आ रही है लिहाजा सरकार ने अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को नियमित आधार पर वेतन देने का निर्णय लिया है और अगले साल के लिए पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की गई है

अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद कांगड़ा ज़िले के ज्वाली क्षेत्र के सीआरपीएफ के जवान तिलकराज का अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव जन्द्रो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा ने शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया जयराम ठाकुर ने तिलकराज की अंतिम यात्रा में भी हिस्सा लिया बेहद गमगीन माहौल में हज़ारों लोगों ने शहीद तिलकराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अश्रपूर्ण विदाई दी इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कूपर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सांसद शांता कुमार पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा सैनिकों की हत्या कायरतापूर्ण कार्य है और भारत सरकार ऐसे नापाक इरादों को सफल नहीं हो देगी

इस दौरान व्यापार मंडल सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक विरोध रैली भी निकाली व्यापार मंडल के सदस्यों ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई कुल्लू ज़िले में शहीदों के सम्मान में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और लोगों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली लोगों ने आतंकवाद की इस घटना के प्रति केन्द्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य मेलों से ग्रामीणों को निःशुल्क जांच ईलाज और दवा की सुविधा उनके घर द्वार पर मिल रही है